स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर हुई तैंतीस

न् मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलायन रोकने की दिषा में शुरू की पहल कहा आंतरिक संसाधन बढ़ाकर राज्य में ही उपलब्ध करायेंगे रोजगार

राज्य में कल कोरोना संकमण के कुल दस मामले सामने आये इनमें राजधानी रांची के हिंदपीढ़ि से आठ और उपराजधानी दुमका के सर्रैयाहाट प्रखंड में दो लोग कोरोना पोजिटिव पाये गये अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक सौ पचीस हो गयी है वहीं तैंतीस मरीज स्वस्थ भी हुए हैं जबकि नवासी मरीजों का इलाज जारी है और तीन मरीजों की मौत हो चुकी है दुमका जिले की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि एक मई को गुडगांव से ग्यारह मजदूर सरैयाहाट पहुंचे थे इन मजदूरों को सरैयाहाट कस्तुरबा विद्यालय में बनाये गये क्वारेनटाईन सेंटर में रखा गया था और उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गये थे

डीसी ने कहा कि कोरोना र्पोजिटव पाये गये दोनों ही व्यक्ति क्वारंटाईन सेंटर में ही रह रहे थे और वे अपने गांव नहीं गये थे

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने भी सत्रह मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और ऐसे में चुनाव कराना ठीक नहीं होगा श्री पांडेय ने बताया कि चार मई को अपर गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अभी चुनाव कराना उचित नहीं होगा

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शोधकार्य उद्योग और सरकार के समन्वित प्रयासों से कुशल नियामक प्रक्रिया पर विचार किया उन्होंने कहा कि ऐसे समन्वय और त्वरित प्रयासों में मानक संचालन प्रक्रिया अपनायी जाए श्री मोदी ने जोर दिया कि संकट के इस समय हर संभव उपाय वैज्ञानिक प्रक्रिया का नियमित हिस्सा बनना चाहिए उन्होंने कहा कि औषध अनुसंधान के लिए जिस नवाचारी ढंग से भारतीय वैज्ञानिक और उद्योग साथ आये हैं वह सराहनीय है एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार तीस से अधिक भारतीय वैक्सीन विकास के विभिन्न चरण में हैं इनमें से कुछ परीक्षण चरण तक भी पहुंच रहे हैं औषधि विकास में तीन चरणों पर काम हो रहा है वहीं निदान और जांच के लिए कई अनुसंधान संस्थान और स्टार्टअप उद्यमों ने नये परीक्षण विकसित किये हैं गृह मंत्रालय ने विदेश में फंसे भारतीयों और भारत में फंसे विदेशियों के स्वदेश आगमन और प्रस्थान के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं इसके अनुसार भारत लौटने के लिए रोजगार खोने वाले प्रवासी कामगारों सहित ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी जो विवशतावश विदेश में हैं अल्पाकालिक वीजा की अवधि समाप्त हो जाने से प्रभावित लोगों तुरंत इलाज की आवश्यकता गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भी प्राथमिकता दी जायेगी यात्रियों को यात्रा खर्च स्वयं वहन करना होगा

इसके बाद की जांच में नेगेटिव पाये जाने पर ही यात्रियों को घर जाने की अनुमति दी जायेगी सभी यात्रियों को आरोग्यत सेतु ऐप पर भी पंजीकरण कराना होगा वहीं भारत में फंसे लोगों को देश छोडने से पहले थर्मल जांच करानी होगी उन्हें संक्रमण मुक्त पाये जाने पर ही स्वदेश जाने की अनुमति दी जायेगी राज्य सरकार ने सात जिलों के पचपन प्रखंडों को खूखाग्रस्त घोषित किया है इन जिलों में चतरा बोकारो पाकुड़ देवघर गिरिडीह गोड़्डा और हजारीबाग शामिल हैं इस संबंध में आपदा गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है राज्य सरकार की इस रिपोर्ट को अब केंद्र सरकार को भेजा जायेगा इसके बाद केंद्रीय सहायता मिलते ही राज्य के किसानों को सुखाड़ से क्षति का मुआवजा दिया जायेगा विभाग के सचिव अमिताभ कौषल ने बताया कि तेरह अप्रैल को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर विचार विमर्ष के बाद इसे स्वीकृत किया गया था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 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए आंतरिक संसाधनों को विकसित करने पर जोर दिया है श्री सोरेन ने कल रांची जिले के नामकुम स्थित लाह अनुसंधान केन्द्र के निरीक्षण के दौरान कहा कि राज्य में रोजगार की असीम संभावनाये हैं किसानों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े और उनका पलायन रूके इसके लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है इस सिलसिले में सरकार आकलन कर रही है और उसी के हिसाब से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे मुख्यमंत्री ने राज्य में लाह उत्पादन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में झारखंड का नाम विष्व के मानचित्र पर रहा है और लाह उत्पादन से ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों के लिए आय का बड़ा स्रोत रहा है मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संस्थान के कार्यों और अनुसंधान की जानकारी ली संस्थान के निदेशक डॉ केके शर्मा ने मुख्यमंत्री से वन के साथ साथ इर्से कृषि से जोड़ने का आग्रह किया ताकि लोगों को अपने ही गांव और पंचायत में बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सके उन्होंने कहा कि इससे ना सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा देश में जारी लॉकडाउन के कारण गाँव के लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उददेष्य से सरकार ने मनरेगा समेत कई कदम उठाए हैं जलशक्ति मंत्रालय के निर्देश पर टीसीबी बनाने का काम मनरेगा योजना के तहत हो रहा है खेती के लिए बड़े कुँओं का निर्माण किया जा रहा है वहीं बारिष का पानी को रोकने के लिए बड़े गड़ढ़े बनाये जा रहे हैं

लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के प्रवासियों को राज्य में वापस लाने का काम जारी है

वहां उनकी थर्मल स्कीनिंग कर उन्हें बस के जरिये घर भेजा गया घर वापसी पर मजदूरों ने मुख्यमंत्री तथा जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया

इसके अलावा रबी सीजन में ही भारतीय खाद्य निगम में एक करोड़ सतासी लाख टन से अधिक गेहूं आया है और इसमें से एक करोड़ इक्यासी लाख टन से अधिक खरीदा गया है मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा सीजन में चौंतीस लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर धान की बुआई की गई है पिछले साल पचीस लख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई हुई थी इसके अलावा दलहन की बुआई का क्षेत्र बढकर आठ लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है जबकि पिछले साल पांच लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी मंत्रालय ने कहा कि कोविड महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान ्कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है

जबकि आठ संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है